सभी बाजार दुकानें और सब्जी मंडियां शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी प्रदेश में कोविड संक्रमण में फिर रिकॉर्ड वृद्धि

सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चौवालीस हजार से अधिक हई

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है नाईट कर्फ्यू के अलावा कोविड रोकथाम के लिए कई कड़े प्रावधान कल तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं ये पन्द्रह मई तक जारी रहेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संकट प्रबंध समूह की बैठक में कोविड नियंत्रण को लेकर कई अन्य फैसले भी किये गये मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा है कि जो लोग बिहार आना चाहते हैं वे राज्य में आ सकते हैं

मंदिर मस्जिद गुरूद्वारा और गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थलों पर पन्द्रह मई तक आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है सरकारी और निजी कार्यालय तैंतीस प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही संचालित होंगे वहीं सभी सरकारी और निजी दफ्तर शाम पांच बजे तक ही खुले रहेंगे हालांकि अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्यालय पूरी क्षमता के साथ चलेंगे कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा वहीं सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजनों पर रोक लगा दी गयी है अंतिम संस्कार के लिए पच्चीस तथा श्राद्ध और शादी विवाह में सौ व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में निर्धारित क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी वहीं रेस्तरां भोजनालय और होटल में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि होम डिलीवरी और पैक करा कर घर ले जाये जाने वाले टेक अवे भोजन की सेवा रात नौ बजे तक जारी रखने की छूट दी गयी है गौरतलब है कि पहले रेस्तरां भोजनालय और होटल को पचास प्रतिशत ग्राहक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति थी इसी तरह सिनेमा हॉल जिम क्लब पार्क और उद्यानों को भी पन्द्रह मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे राज्य सरकार ने कोविड रोकथाम और भीड़भाड़ नियंत्रण के लिए सभी जिलाधिकारियों को रिथिति के अनुसार धारा एक सौ चौवालीस लागू करने का अधिकार दिया है इसके अलावा कोविड के इलाज के लिए रेमडेसिविर उच्च क्षमता वाले एंटी बॉयोटिक तथा अन्य दवाओं और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है प्रदेश में कोविड के दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान रिकॉर्ड आठ हजार छह सौ नब्बे पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है पटना से सबसे अधिक दो हजार दो सौ नब्बे मामले सामने आये हैं गया से सात सौ तिरपन सारण से तीन सौ तेरासी भागलपुर से तीन सौ छिहत्तर औरंगाबाद से तीन सौ तिरपन सीवान से दो सौ अड़तालीस और पूर्वी चम्परण से दो सौ छियालीस मामले सामने आये है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अन्सार एक दिन में सत्ताईस मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार सात सौ उनचास हो गया है वहीं इसी अवधि में तीन हजार चार सौ साठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव छह सात प्रतिशत है वर्तमान में चौवालीस हजार सात सौ मरीजों का उपचार चल रहा है राज्य के पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का आज तड़के पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे कोविड से संक्रमित हो गये थे सांस लेने में तकलीफ के कारण पिछले पांच दिनों से वे अस्पताल में भर्ती थे मेवालाल चौधरी जदयू विधायक थे और वे मुंगेर जिले के तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने भी मेवालाल चौधरी के निधन पर गहरा शोक जताया है इधर कोविड संक्रमण के कारण बिशप स्कॉट स्कूल के प्रबंध निदेशक शैलेश सिंह पीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बिहारी वर्मा और मैथिली रंगमंच के जाने माने रंगकर्मी कुमार गगन का भी निधन हो गया प्रदेश में कल चौरासी हजार चार सौ पचहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक प्रदेश में अंठावन लाख पंचानवे हजार छह सौ इकतालीस लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से इक्यावन लाख तैंतीस हजार एक सौ तैंतीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि सात लाख बासठ हजार पांच सौ आठ लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सक की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए एक ट्वीट में श्री राघवन ने कहा कि यह दवा कोविड उन्नीस का इलाज नहीं है इससे रोगी को केवल कुछ राहत मिल सकती है श्री राघवन ने लोगों से डॉक्टर की सलाह मानने और उन्हें रेमडेसिविर देने के लिए बाध्य न करने का आग्रह किया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया यह एक ही तरह से फैलता है बार्डट हमें यह समझना चाहिए कि ये जो नये स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो ये फैलने के तारीका एक ही रखा है तो फैलने का तारीका एक ही है मतलब छीखते समय खांसी के समय बात करते समय ओ जो जल बिन्दु जो लिकालते है संक्रमित व्यक्ति से और दुसरे व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं क्योंकि उसी का अंदर ओ कोस और वायरस पाये जाते हैं केन्द्र ने इस महीने की बाईस तारीख से ऑक्सीजन सिलेंडर के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग प्ररी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है मंत्रालय ने कहा कि इस अस्थाई रोक से उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड उन्नीस रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकेगा परन्तु मंत्रालय ने कहा है कि यह रोक नौ उद्योगों पर लागू नहीं होगी इस बीच रेल मंत्रालय तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेण्डरों की ढुलाई महत्वपूर्ण कॉरिडोरों के जरिए करने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बना रहा है देशभर में ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तीव्र गति से संचालित की जा सकें राज्यों की मांग पर रेल विभाग देशभर में तीन लाख कोविड पृथकवास बिस्तर उपलब्ध करा सकता है उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने संवाददाताओं को बताया कि रेल विभाग ने उन राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जहां कोविड कोच लगाए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि ये कोच कोविड प्रभावित लोगों के प्रथकवास या मामूली संक्रमण पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल कोविड के गंभीर मामलों में नहीं किया जा सकता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने को कहा है उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सैनिटाइजेशन साफ सफाई और लोगों के बीच जागरूकता लाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने का आग्रह किया कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अप्रैल और मई में होने वाली डीएलएड विशेष परीक्षा इंटर और मैट्रिक कम्पार्टमेंटल परीक्षाएं स्थगित कर दी है गौरतलब है कि डीएलएड की परीक्षा छब्बीस से तीस अप्रैल इंटर कम्पार्टमेंटल परीक्षा उनतीस अप्रैल से दस मई और मैट्रिक कम्पार्टमेंटल परीक्षाएं पांच से आठ मई तक होनी थी डदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिनों का लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज सम्पन्न हो गया कोरोना के बढ़ते संकट के बीच इस बार ज्यादातर छठ व्रतियों ने अपने घरों में ही यह अनुष्ठान किया वहीं राज्य के विभिन्न मंडल काराओं में भी बंदियों ने चैती छठ महापर्व का अनुष्ठान किया इधर चैत्र नवरात्र के सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर अगले अड़तालीस घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की बारिश होने की सम्भावना है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर नमीयुक्त हवा के कारण तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और सरकार के नये दिशा निर्देशों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से अखबार लिखता है मरीजों को दवा और ऑक्सीजन की कमी न हो इसके पूरे इंतजाम किये जा रहे हैं प्रभात खबर का शीर्षक है प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार हो रही तेज सत्रह दिनों में तेरह फीसदी कम हुआ रिकवरी रेट तेईस गुना से अधिक बढ़े कोरोना के एक्टिव मरीज टीकाकरण की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है कोरोना टीकाकरण का फायदा संक्रमित हुये भी तो नहीं बिगड़ेगी हालत दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना हाईकोर्ट में चौबीस अप्रैल तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई

सभी बाजार दुकानें और सब्जी मंडियां शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी प्रदेश में कोविड संक्रमण में फिर रिकॉर्ड वृद्धि

सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चौवालीस हजार से अधिक हुई